इन योजनाओं में जबलपुर बायपास सागर बायपास ग्वालियर बायपास और ओरछा बायपास का निर्माण शामिल है

सभी प्रकार के वाहनों को टोल बूथों पर लंबे इंतजार से बचाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल देवास मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था की गयी है प्रदेश में शेष मार्गों पर भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था के लिये कार्यवाही जारी है

प्रसार भारती सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि निजी प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि आकाशवाणी ने देश के अधिकांश ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है

विश्वविद्यालय का कहना है कि इन सभी विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क की राशि वापस कर सीधे उनके खातों में जमा करा दी जायेगी दुर्घटना मौत प्रदेश के शिवपुरी जिले के श्रद्धालुओं की एक बस उत्तरप्रदेश के हाथरस में एक मोटर साइकिल से टक्कर के बाद हादसे का शिकार हो गई

हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई वहीं बस में सवार चार लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अलीगढ और हाथरस के अस्पतालों में भर्ती किया गया है मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है कल कुछ जिलों में बारिश और ओले गिरने से सर्दी बढ़ गई वहीं प्रदेश के कई जिलों में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा वहीं अरब सागर से आ रही नमी के कारण कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई

ग्वालियर के बीस सतना के चार गांवों में ओले पड़ने की भी खबर है हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया कि ओले से भितरवार विधानसभा क्षेत्र के चिचनोर तहसील के कई गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा है वहीं बारिश के चलते शिवपूरी जिले में भी तापमान में कमी आई है मौसम केंद्र के मुताबिक अरब सागर से नमी आने के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है आज भी भोपाल समेत ग्वालियर चंबल सागर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने से मौसम खुशनुमा बना रहेगा आज भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है